उन्होंने कहा कि अनलॉक का अर्थ अनुशासन है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन के साथ रहना आवश्यक है मुख्यमंत्री लखनऊ में आज लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि अस्पतालों को व्यवस्था को चुस्त दूरूस्त रखने के लिए हर स्तर पर संवाद जरूरी है उन्होंने जिलों में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों चिकित्सा विरोषज्ञों मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ नियमित संवाद कायम रखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में विशेष सतकता बरतने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद मेरठ बागपत हापड और बलदशहर में विशेष ध्यान देते हए उपचार की व्यवस्था सनिश्चित की जाए इस बीच प्रदेश में मनरेगा के तहत अब तक सत्तावन लाख बारह हजार श्रमिकों को कार्य दिया जा चका है यह संख्या फिलहाल देश में सर्वाधिक है प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हए संक्रमण रोकने और ग्यारह जिलों में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की विशेष टीम नियक्त की है हमारे संवाददाता ने बताया कि इन ग्यारह जिलों में बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इन ग्यारह जिलों के लिए नियुक्त नोडल अफसरों के साथ बैठक की और उन्हें कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने और इसके प्रसार को रोकने के लिए विशेष तौर पर प्रयास करने को कहा जिन ग्यारह जिलों में ये विशेष टीम मेजी जा रही हैं उनमें आगरा मेरठ कानपुर नगर अलीगढ गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद मुरादाबाद फिरोजाबाद ब्लंदशहर झांसी और बस्ती जिले शामिल हैं मुख्यमंत्री ने नोडल अफसरों को इन जिलों में संक्रमण के तेजी से प्रसार और मौत के कारणों पर पांच दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है इन टीमों से यह भी कहा गया है कि वे जिले में सर्विलांस के तरीकों और अस्पतालों के प्रदंधन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करें इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी बहमंजिला इमारत की किसी मंजिल पर कोरोना वायरस का मामला पाया जाता है तो इमारत को इक्कीस दिनों की बजाय अब सिर्फ चौहद दिनों के लिए ही सील किया जायेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लिप्लेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक वर्चअल रैली को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठे रिश्तां है और द्निया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं है यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है यदि यह रोड बनने के कारण कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा डुई है तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कद्वता पैदा हो ही नहीं सकती इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी दो सप्ताह है लेकिन लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भी भेज सकते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इक्कीस जून को मनाया जाएगा कोविड नाइन्टीन महामारी को देखते हए इस वर्ष योग दिवस पर किसी सामुहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा आयष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है आयुष मंत्री ने लोगों से अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर रिथति में है इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रमाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट का मुकाबला देने में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को उचित सुरक्षित दूरी का पालन करने हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय साक्घानी बरतने की सलाह दी है